विधान सभा चूनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज

सीटों के तालमेल पर बातचीत की संभावना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित तीन प्रमुख परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे ये परियोजनाएं हैं पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का दुर्गापुर बांका खंड और रसोई गैस सिलेण्डर भरने के संयंत्र संबंधी दो परियोजनाएं तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यह परियोजनाएं चालू की हैं एक सौ तिरानवे किलोमीटर लम्बा बांका दूर्गापुर पाइपलाइन खंड पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना का हिस्सा है इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष सत्रह फरवरी को रखी थी पारादीप हल्दिया दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन परियोजना को राज्य के बांका में नए एलपीजी वोटलिंग प्लांट से जोडने के लिए बनाया गया है वहीं दूसरा बॉटलिंग प्लांट पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि क्षेत्र में शुरू होगा इसका निर्माण एक सौ छत्तीस करोड़ रूपये की लागत से किया गया है विधान सभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं भाजपा के अध्यक्ष जे पी नड्डा दो दिवसीय दौरे पर बिहार में हैं श्री नड्डा का आज जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीटों के समझौते पर बातचीत करने का कार्यक्रम है जीतन राम मांझी के जदयू के साथ समझौते और सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के सदस्य लोक जनशक्ति पार्टी के कड़े तेवर को देखते हुये यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कल श्री नड्डा ने चुनाव रणनीति को लेकर पार्टी के संचालन समिति की बैठक की और ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को गठबंधन के लिये काम करने का निर्देश दिया इधर पार्टी के आत्मनिर्भर बिहार अभियान के तहत आज भाजपा अध्यक्ष मुजफ्फरपुर और दरभंगा का भी दौरा करेंगे वे मुजफ्फरपुर के सरैया में किसान चाची के नाम से मशहूर राजकुमारी देवी से मुलाकात करेंगे वहीं दरभंगा में वे मछली पालकों और मखाना उत्पादक किसानों से बातचीत करेंगे इधर कांग्रेस के राज्य प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने विधान सभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुये कहा कि विधान सभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा इधर च्रनाव के पहले बिहार के दो नेताओं को कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यसमिति में प्रमुख पद दिये गये हैं तारिक अनवर कार्यसमिति के सदस्य और राष्ट्रीय महासचिव बनाये गये हैं जबकि लोक सभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है इधर सीपीआई माले ने महागठबंधन में सीटों के तालमेल को लेकर जल्द फैसला करने को कहा है विधान सभा चुनाव में अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ायी जायेगी निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों सह जिलाधिकारियों को ऐसे बूथों की पहचान करने का निर्देश दिया है वहीं आयोग ने कोरोना के खतरों से निपटने के लिये हर सेक्टर अधिकारी के साथ एक चिकित्सक को तैनात करने का भी निर्देश दिया है निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्रों में उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के आपराधिक विवरण के बारे में संशोधित दिशा निर्देश जारी किया है इन दिशा निर्देशों के अनुसार नामांकन पत्र में उम्मीदवारों के साथ साथ उनके राजनीतिक दलों को उम्मीदवार के अतीत का आपराधिक विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित और टेलीविजन पर प्रसारित करना होगा यह प्रकाशन नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के चार दिन के अंदर करना होगा दूसरी बार प्रचार प्रसार नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के पांचवें से आठवें दिन के अंदर करना होगा तीसरी बार यह प्रक्रिया चुनाव प्रचार समाप्त होने के अंतिम दिन से पहले नौ दिन के अंदर करनी होगी आयोग का कहना है कि इस समय सीमा का पालन करने से मतदाताओं को ज्यादा सोच समझकर अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देने में मदद मिलेगी नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज दरभंगा पहुंच रहे हैं वे दरभंगा एयरपोर्ट के निर्माण कार्य और उड़ान संबंधी कार्यों की समीक्षा करेंगे इस एयरपोर्ट पर चौदह सौ वर्ग मीटर में टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा हो गया है जबकि रनवे का निर्माण किया जा रहा है दरभंगा एयरपोर्ट का केंद्र की उड़ान योजना के तहत विकास किया जा रहा है नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने दरभंगा से तीन शहरों दिल्ली मुम्बई और बेंगलुरू के लिये विमान सेवा की अनुमति दी है राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर लगभग नब्बे प्रतिशत हो गई है जो राष्ट्रीय औसत से बारह प्रतिशत से भी अधिक है स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण से पिछले चौबीस घंटे में दो हजार एक सौ सत्तासी लोग स्वस्थ हुए हैं जिससे अब तक एक लाख उनतालीस हजार चार सौ अंठावन लोग संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं वहीं पिछले चौबीस घंटे में कोविड उन्नीस के एक हजार सात सौ दस नये मामले सामने आये हैं श्री सिंह ने बताया कि राज्य में अभी कोविड उन्नीस के पंद्रह हजार एक सौ नवासी सक्रिय मरीज हैं उन्होंने कहा कि अब तक छियालीस लाख सड़सठ हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई है सचिव ने कहा कि प्रदेश में अभी दो हजार सात सौ बारह कंटेनमेंट जोन हैं जिनमें लगभग नौ लाख तिहत्तर हजार घर हैं इन कंटेनमेंट जोन में से दो हजार इकतालीस कंटेनमेंट जोन ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और छह सौ इकहत्तर कंटेनमेंट जोन शहरी क्षेत्रों में हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा है कि कोविड उन्नीस के बचाव के लिये सावधानी बहुत जरूरी है उन्होंने कहा कि थोड़ी सी भी लापरवाही घातक हो सकती है

पिछले चौबीस घंटे में मास्क नहीं पहनने वाले पांच हजार अठहत्तर व्यक्तियों से दो लाख तिरपन हजार रूपये से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गयी है अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने बताया कि अनलॉक फोर के जारी दिशा निर्देश का पालन नहीं करने वाले चार सौ पचहत्तर वाहनों को पिछले चौबीस घंटे में जब्त किया गया हैं जिनसे जुर्माने के रुप में चौदह लाख नौ हजार रूपये से अधिक की राशि वसूल की गई है अनलॉक के चौथे चरण में रेलवे आज से देशभर में छियासी विशेष ट्रेनों का परिचालन शुरू कर रहा है ये रेलगाड़ियां पूरी तरह आरक्षित होंगी इनके लिये बुकिंग इस महीने की दस तारीख से पहले ही शुरू हो चुकी है रेल मंत्रालय ने बताया है कि ये रेलगाड़ियां मौजूदा तीस स्पेशल राजधानी की तरह की रेलगाड़ियों और दो सौ स्पेशल मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी केवल कंफर्म टिकट और आरएसी वाले यात्रियों को ही स्टेशन में आने और ट्रेन पर चढ़ने की अनुमति होगी रेलवे के दिशा निर्देश के अनुसार यात्रियों को ट्रेन खुलने से नब्बे मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा सभी यात्रियों के लिये यात्रा के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा स्टेशनों पर भी इसका पालन करना होगा यात्रा के दौरान ट्रेनों में चादर कम्बल और तकिया नहीं दिये जायेंगे इसके अलावा यात्रियों को यह परामर्श दिया गया है कि वे अपना खाना और पीने का पानी साथ लेकर यात्रा करें पूर्व मध्य रेल ईसीआर ने कल राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए दानापुर से तीन वन वे स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है ईसीआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि नीट परीक्षा की समाप्ति के बाद अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए दानापुर से कटिहार सहरसा और भागलपुर के लिए तीन वनवे परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलेंगी श्री कुमार ने बताया कि नीट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए चौदह सितंबर तक दरभंगा दानापुर दरभंगा परीक्षा स्पेशल ट्रेन का भी परिचालन किया जा रहा है केन्द्र सरकार के सभी पेंशनधारक इस वर्ष पहली नवंबर से इकतीस दिसंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं कार्मिक जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि बुजुर्गो को बडी राहत देते हुए सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की मौजूदा समय सीमा में छूट दी है उन्होंने कहा कि इससे पहले पेंशन जारी रखने के लिए केवल नवंबर में ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कराए जा सकते थे श्री सिंह ने कहा कि अस्सी या उससे अधिक उम्र के पेंशनधारक इस वर्ष पहली अक्टूबर से इकतीस दिसंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं इस बढी हुई अवधि के दौरान पेंशन का भुगतान बिना किसी बाधा के जारी रहेगा उन्होंने कहा कि मौजूदा कोविड संकट और कोरोना वायरस के संक्रमण से बुजुर्गो के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर यह फैसला किया गया है गांधी दर्शन श्रृंखला में आज हम आपको समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ महात्मा गांधी के संघर्ष के बारे में जानकारी दे रहे हैं राष्ट्रपिता ने जीवन भर समाज में जातिगत बंधनों के खिलाफ आवाज उठाई और ऐसे आश्रम स्थापित किये जिनमें जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था गांधीजी ने कहा था कि छुआछूत दूर करना अहिंसा का सर्वोच्च स्वरूप है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट साउंड बाईट महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में लिखा है कि पिछले तीन पीढ़ियों से जो उनके दादाजी के साथ शुरू हुई उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने जाति व्यवस्था के अनुसार काम नहीं किया गांधीजी ने अपने जीवन काल में कई ऐसे काम किए जो उनकी जाति के लिए प्रतिबंधित था उन्होंने नाले की सफाई नाई धोबी के अलावा एक मोची और दर्जी का भी काम किया गांधीजी ने इस तरह कुप्रथा को दूर करने के लिए अपने परिवार और सहयोगियों के साथ मिलकर ऐसे कार्यों को किया जिसे समाज में निम्न दर्जे का समझा जाता था राष्ट्रपिता ने कहा था कि वे आधुनिक अर्थो में जातिप्रथा में विश्वास नहीं करते हैं उन्होंने कहा था अगर कोई भी व्यक्ति अपना प्रभुत्व किसी दूसरे पर दिखाता है तो वह ईश्वर और मानवता के खिलाफ है दीपेन्द्र कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है

अस्सी वर्ष के स्वामी अग्निवेश लिवर साइरोसिस से गंभीर रूप से पीड़ित थे स्वामी अग्निवेश वर्ष उन्नीस सौ सतहत्तर में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए थे और वर्ष उन्नीस सौ उनासी में शिक्षामंत्री बनाए गए थे उन्होंने बंधुआ मजदूर मुक्ति मोर्चे की स्थापना की थी और बंधुआ मजदूरी खत्म करने के खिलाफ काम करना शुरू किया शराब बंदी के लिए भी उन्होंने कई आन्दोलन किए बिहार राज्य बीज निगम ने देश में पहली बार बीजों के ट्रैकिंग की व्यवस्था शुरू की है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि राज्य में बीजों के पैकेट पर क्यूआर कोड दिया जा रहा है जिसे स्कैन करते ही बीजों का सारा विवरण सामने आ जायेगा उन्होंने कहा कि बीज की ट्रैकिंग कर उसके श्रोत का भी पता लगाया जा सकता है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने भारत चीन के बीच रूस में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत पर सुर्खी दी है भारत चीन पांच बिंदुओं पर राजी दैनिक जागरण ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मुख्य के दूसरे चरण के परिणाम को बड़ी खबर बनाते हुये लिखा है जेईई मेन में शुभ बिहार टॉपर चौबीस छात्रों को सौ परसेंटाइल दैनिक भास्कर ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के स्वास्थ्य को लेकर पहले पन्ने पर खबर दी है अखबार का शीर्षक है डॉक्टर रघुवंश की हालत नाजुक वेंटिलेटर पर प्रभात खबर ने विधान सभा चुनाव की राजनीतिक सरगर्मी पर लिखा है कांग्रेस विधायक प्रर्णिमा व सुदर्शन जदयू में लालू के लिये राघोपूर सीट छोड़ने वाले भोला भी शामिल आज अखबार ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामले पर खबर दी है रिया समेत छह की जमानत खारिज

विधान सभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज

सीटों के तालमेल पर बातचीत की संभावना